वायुसेना हमला भारतीय वायुसेना ने आज तड़के पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े आतंकी शिविर पर हमला किया विदेश सचिव विजय गोखले ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि विश्वस्त सुत्रों से जानकारी मिली थी कि जैश ए मोहम्मद भारत में और आत्मघाती आतंकी हमलों की कोशिश कर रहा था और इसके लिए आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था उन्होंने कहा कि इस कारण यह हमला करना जरूरी था श्री गोखले ने यह भी बताया कि इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी उनको प्रशिक्षण देने वाले और संगठन के सीनियर कमांडर मारे गए हैं उन्होंने बताया कि यह असैन्य कार्रवाई थी जिसे घने वन क्षेत्र में अंजाम दिया गया ताकि नागरिक हताहत न हों उन्होंने बताया कि इन प्रशिक्षण शिविरों की स्थिति के बारे में पाकिस्तान को जानकारी दी गई थी लेकिन उसने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की विभिन्न राजनीतिक दलों ने भारत की वायुसेना द्वारा किये इस हमले का स्वागत किया है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि पार्टी वायुसेना की भूमिका के लिये उसे सलाम करती है प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज राजस्थान के चुरू में एक जनसभा में देश के वीर जवानों को नमन करते हुये कहा कि देश सुरक्षित हाथों में है देश को किसी के सामने झुकने नहीं दिया जायेगा श्री मोदी ने कहा कि आज दुनिया को भारत में स्थिर सरकार की ताकत का अहसास हो रहा है

केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा आज भारत एक नयी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है उन्होंने कहा कि पिछले चार साल में सरकारी आवास योजना के तहत देश में डेढ़ करोड़ मकान बनाए गये हैं

हमला बधाई भारतीय वायु सेना द्वारा पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े आतंकी शिविर पर हुई कार्यवाई की प्रदेश में भी सराहना की जा रही है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भारतीय वायुसेना के जाबांजों को बधाई देते हुये कहा कि मैं और मेरी पार्टी राष्ट्रहित में उठाये जाने वाले हर कदम में आपके साथ है वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट में कहा कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने का अभियान शुरू हो गया है भारत की तरफ कोई गलत नज़र से देखेगा तो उसका वही अंजाम होगा जो आज जैश के आतंकियों का हुआ है कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपने ट्वीट में कहा कि भारतीय वायु सेना के बहादुर सैनिकों के शौर्य और साहस को वे सलाम करते हैं आतंकी ठिकानों पर की गई जबरदस्त कार्यवाही के लिए सैनिकों को बधाई वहीं लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने आज इंदौर में कहा कि हमें भोरतीय सेना के पराक्रम पर गर्व है दिल्ली बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में रक्षामंत्री निर्मला सीतारामन गृहमंत्री राजनाथ सिंह विदेशमंत्री सुषमा स्वराज वित्तमंत्री अरूण जेटली के साथ बैठक में भाग लिया बैठक में सुरक्षा के बारे में चर्चा की गई मुख्यमंत्री न्याय मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सतना में चित्रकूट के जुड़वा भाईयों के अपहरण और हत्या की मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिये हैं श्री कमलनाथ ने कहा कि फॉस्ट ट्रेक न्यायालय के जरिए इस पूरे मामले की सुनवाई कर अपराधियों को फांसी की सजा दिलाये जाने की पूरी कोशिश की जायेगी वहीं इस मामले में लापरवाही बरतने पर नयागांव टीआई सहित चार पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है

अक्षयपात्र फाउंडेशन को देश भर में लाखों बच्चों को मिड डे मील उपलब्ध कराने और सुलभ इंटरनेशनल को भारत में स्वच्छता की स्थिति में सुधार और सिर पर मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने के लिये दिया गया

उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को आपसी सहमति से निपटाने का एक और प्रयास किया जाना चाहिए प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने कहा कि वह इस मामले को न्यायालय द्वारा नियुक्त मध्यस्थ के जरिये निपटाने के बारे में आदेश अगले महीने की पांच तारीख को सुनायेगी न्यायालय ने कहा कि वह मुख्य मामले की सुनवाई आठ सप्ताह बाद करेगी

उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि अयोध्या में विवादित पौने तीन एकड़ भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड निरमोही अखाड़ा और राम लला के बीच बराबर बराबर बांट दिया जाये सौभाग्य पुरस्कार प्रदेश की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर को आज गुड़गाँव में सौभाग्य अवार्ड दिया गया

केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरकेसिंह ने यह पुरस्कार प्रदान किया

न्यूज चैनल अब आकाशवाणी के समाचार सुनना और भी आसान हो गया है समाचारों पर आधारित नए चैनल न्यूज ऑन एआईआर को पिछले दिनों शुरू किया गया यह चैनल फ्री डिश के डीटीएच चैनल नंबर एक पर उपलब्ध होगा

अंशकालिक संवाददाता आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा अंशकालिक अनुबंध के आधार पर इन्दौर मंदसौर रतलाम बालाघाट मंडला और निवाड़ी जिलों में संवाददाताओं के लिये आवेदन आमंत्रित किये गये हैं अंशकालिक संवाददाता पीटीसी के लिए आवेदक के पास पत्रकारिता की डिग्री या डिप्लोमा और पत्रकारिता में कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए

आवेदन पत्र आकाशवाणी भोपाल से भी प्राप्त किये जा सकते हैं

आधिकारिक जानकारी के अनुसार राज्य बाँस मिशन और केन्द्रीय विकास आयुक्त के सहयोग से होने वाले इस कार्यक्रम के तहत इन युवक युवतियों को बास्केटरी प्रोडक्ट बाँस टर्निंग प्रोडक्ट बाँस ज्वेलरी बाँस फर्नीचर आदि बनाने का प्रशिक्षण दिया जायेगा एक माह तक चलने वाले प्रशिक्षण के लिये इच्छुक हितग्राही अपने आयेदन स्थानीय वन विभाग कार्यालय के माध्यम से भोपाल स्थित बाँस मिशन मुख्यालय को भेज सकते हैं

ये दो दिवसीय सम्मेलन में केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय पुलिस अनुसंधान एवं विकास विभाग तथा मध्यप्रदेश जेल विभाग के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है इस कार्यक्रम में सभी प्रदेशों एवं केन्द्र शासित राज्यों के विभागाध्यक्ष डीजी जेल उनके सहयोगी अधिकारी शामिल हो रहे हैं

पटवारियों को शीघ्र मामला निपटाने के निर्देश दिये गये